संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा कि नस्लवाद असहनशीलता और घृणा तथा विद्देष के हालात से भारत चिंतित है नायडू नस्लवाद और घृणा फैलाने की प्रवृत्ति से निपटने के बारे में महासभा की अनौपचारिक बैठक में बोल रहे थे

इससे वाहन प्रदरण में नब्बे प्रतिशत तक की भारी कमी आयेगी लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाना वायु प्रदृषण का एक प्रमुख कारण है और वे इस मुद्दे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केन्द्रीय खादय और उपमोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय पूल खाद्यान के भंडारण की पर्याप्त क्षमता है आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में रामविलास पासवान ने बताया कि केन्द्रीय पूल भंडारण के लिए आठ सौ बासठ लाख टन से अधिक की क्षमता उपलब्ध है केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूरे देश में नदियों की साफसफाई का अभियान जोर शोर से चलाया जायेगा आज नई दिल्ली में नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि अक्तूबर दो हजार चौदह में सिर्फ उन्तालिस प्रतिशत गांवों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक थे लेकिन इस अभियान के बाद अब निन्यानवे प्रतिशत तक ग्रामीणों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है

उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान निर्धारित समय में कर लेना चाहिए समस्याओं के लश्वित रहने से परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है मुख्यमंत्री ने सिविल और सैन्य अधिकारियों से वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने का भी प्रयास किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सेना को आवश्यकता अनुसार भूमि जल्द से जल्द हस्तानांतरित करे उन्होंने सैनिकों को समेकित सुविधाओं के लिये भूमि उपलब्ध कराये जाने को लेकर दिशा निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रितों को राज्य सरकार की सेवाओं में डेथ इन हार्नेस स्कीम के तहत सेवायोजित करने को लेकर निर्देश जारी किया और अधिकारियों से जानकारी लेकर प्रस्ताव भेजने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट से आज रायपुर और कोलकाता के लिये विमान सेवा शुरू हो गयी प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने इस विमान सेवा का शुभारम्भ किया श्री नंदी ने रायपुर की फ्लाइट के पहले यात्री को अपने हाथ से बोर्डिंग पास प्रदान किया विमानन कम्पनी इण्डिगो ने प्रयागराज से कोलकाता और रायप्र के लिये बहत्तर सीटर विमान सेवा शुरू की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप ख्ला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं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

पुलिस सूत्रों के हवाले से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि दुर्घटना की शिकार बस बिहार से मजदूरों को लेकर जयपूर जा रही थी तमी सुबह पांच बजे के करीब बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गयी और एक ट्रक से टकरा गयी दुर्घटना में घायल लोगों को आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है